उन्होंने कहा आत्मनिर्भर अभियान न्यायप्रणाली के आधुनिकीकरण में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजभवन में तीन दिवसीय फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का किया श्भारम्भ आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा प्रदेश में अब तक छः लाख तिहत्तर हजार से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति कर्मियों को लगाई गई कोविड वैक्सीन की पहली डोज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश की न्यायपालिका ने हमेशा संक्यिान की सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या कर इसे मजबूत किया है और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया है कल गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्चअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता न्यायपालिका ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी ज्यूडिशरी ने न्यायपालिका ने संविधान की प्राण वायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दुढ़ता से निमाया है हमारी ज्यूडियारी ने हमेशा संक्वान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संक्वान को भी मजबूत किया है देशवासियों के अधिकारों की रखा हो निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो प्यूडिसरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निमाया भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है उन्होंने कहा कि इसी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया था स्वराज की अवधारणा इसी से उपजी थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की थी श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों को सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका ने ही प्रदान की है प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की है विपिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है

सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कांफ्रेसिंग और टेली कांफ्रेसिंग को तीगल संक्टिटी मिलने के बाद से भी समी अदालतों में ई प्रोसीरिंग्स में तेजी आई है ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है दुनिया में हमारे हाई कोर्ट्स और बिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कांफ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने केन्द्रीय बजट पर कल लखनऊ में प्रबुद्ध जन संगोप्ठी को संबोधित किया उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का बजट आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा उन्होंने कहा कि सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक अच्छा बजट पेश किया और किसी उपभोक्ता पर कोई नया कर नहीं लगाया बजट में प्रस्तुत योजनाओं पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट के जरिये गांव गरीब किसान महिला मजदूर दलित और शोषित लोगों के हित को महत्व दिया गया है श्री शेखाक्त ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व दिया गया है अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लखनऊ बिजनौर सोनमद्र और श्रावस्ती में चार नये एकलव्य विद्यालय खोलने का फैसला किया है

केन्द्रीय मंत्री ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिये प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कुछ लोग किसानों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी दल कृषि कानूनों के बारे में अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि किसान आदोलन की आड़ में विपक्षी पार्टियों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है यह जान बूझकर देश की छवि को खराब करने का प्रयास है कानपुर में कल केंद्रीय बजट के सम्बंध में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ रही है उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है श्री नकवी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता विपक्षी दलों के चरित्र को पहचानती है और वह उनके बहकावे में नहीं आएगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राजभवन में तीन दिवसीय प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पृष्प प्रदर्शनी का शुभारम्म किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है उन्होंने कहा कि खेती के इस प्राकृतिक तरीके को अपना कर किसान अपनी फसल का अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों की आय को दोग्ना करने के लिये प्रतिबद्व है इसके लिये राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत है किसानों को उनकी उपज का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मुत्य एमएसपी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान खेती की नयी विघाओं को अपना कर अधिक मनाफा कमा सकते हैं श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिये स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया ऐसे आयोजन किसानों को खेती में नये प्रयोग करने का अवसर देते हैं

श्री जावड़ेकर कल पृणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित संगीत कार्यक्रम अनिवादन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और टेलीविजन पर पंडित भीमसेन जोशी की संगीतमय उपस्थिति को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहचाने के लिए नए सिरे से तैयार किए जाने की जरूरत है और इस दिशा में प्रयास जारी हैं प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अग्रिम पंक्ति कर्मियों को कोविड का टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है राज्य में अब तक छह लाख तिहत्तर हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा च्की है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हए बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुक्रवार को पूरा हो गया है जिन स्वास्थ्य कर्मियों को किसी कारणवश टीका नहीं लग पाया उनको पन्द्रह फरवरी को कोविड का टीका लगाया जायेगा

इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के एक सौ पैंतालिस नये मामले सामने आये हैं देश में कोविड टीके तेजी से लगाए जा रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए गए दोनों टीके पुरी तरह से सुरक्षित हैं दोनों वैक्सीनों का डेटा सेप्टी पाइट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इसी लिए साइटिस्ट है या साइटिफ्रिक लिक्ट्रेचर देखते हैं उनको यह विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है ये हमारे देश में लगानी चाहिए और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिते है जहां पर वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहां पर कोसिस बद रहे हैं ऐसी स्थिति हमारे देश में न हाँ तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें